कोलकाता में डॉक्टरों के साथ हुई कथित हिंसा के विरोध में आज चिकित्सक मना रहे है देशव्यापी काला दिवस चकवात वायु ने रास्ता बदला गुजरात तट से टकराने की संभावना नहीं प्रदेश में भी चकवात के असर से हो सकती है बारिश केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने अगले सौ दिनों के दौरान एक करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना के दायरे में लाने के लिए ग्रामस्तर पर अभियान चलाने का अनुरोध है वे कल वीडियो कांफ्रेंस के जरिये राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के कृषि मंत्रियों के साथ बातचीत कर रहे थे इस दौरान सरकार की तीन मुख्य योजनाओं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लघ् तथा सीमांत किसान पेंशन योजना और किसान क्रेडिट कार्ड अभियान के क्रियान्वयन पर चर्चा की गई नरेन्द्र सिंह तोमर ने लाभार्थियों के पंजीकरण की प्रक्रिया तेज करने का अनुरोध किया ताकि अप्रैल से जुलाई की अवधि के लिए किसान सम्मान निधि योजना की राशि सीधे उनके खाते में भेजी जा सके भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह संगठन चुनाव होने तक पार्टी के अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे इसके साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान को पार्टी सदस्यता अभियान का प्रमुख बनाया गया है कल भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों प्रदेश प्रभारियों और अध्यक्षों की नई दिल्ली में हई बैठक में यह निर्णय लिया गया

पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि जिन राज्यों में पार्टी का विस्तार नहीं हुआ है वहां सदस्यता अभियान पर विशेष ध्यान दिया जायेगा

श्री सिवन ने कहा कि अभी अंतरिक्ष में सिर्फ दो स्पेस स्टेशन है और भारत का यह तीसरा स्टेशन होगा उन्होंने यह भी बताया कि अगले दो साल में सौर मिशन और शुक मिशन की भी योजना है

अंतरिक्ष विभाग के राज्यमंत्री डॉ जितेन्द्र सिंह ने बताया कि इसकी निगरानी के लिये विशेष राष्ट्रीय सलाहकार परिषद बनाई गई है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की तीस तारीख को आकाशवाणी के जरिये मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार देश के नागरिकों के साथ साझा करेंगे

प्रधानमंत्री ने देश के नागरिकों से इस कार्यक्रम के लिये अपने विचार भेजने को कहा है

दिगम्बर जैन मुनि विश्वनाथ सागर की अज्ञात वाहन की टक्कर से मृत्यु हो गई है जैन मुनि कल शाम सीकर के दातारामगढ कस्बे में जीजोट गांव के लिये अपने अनुयायियों के साथ बिहार के लिये निकले थे तभी पीछे से आ रहे अज्ञात वाहन ने उनको टक्कर मार दी गंभीर रूप से घायल जैन मुनि को जयपुर रैफर किया गया लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड दिया आज उनका अंतिम संस्कार किया जायेगा कोलकाता के एनआरएस मेडिकल कॉलेज में मरीज के परिजनों द्वारा मारपीट करने से एक चिकित्सक की मौत के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आज देश भर में काला दिवस मना रहा है काले दिवस के तहत अस्पतालों में डॉक्टर्स मुंह पर काली पट्टी बांधकर काम करेंगे अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने इस देशव्यापी काला दिवस को पूरा समर्थन देने की घोषणा की है इस दौरान राज्य के सभी चिकित्सालयों में गेट मीटिंग कर एक अन्य घायल चिकित्सक के स्वास्थ्य लाभ के लिये प्रार्थना की गई चिकित्सक प्रत्येक जिला मुख्यालय पर कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे

एक बयान में उन्होंने कहा कि डॉक्टरों के लिए सभी राज्यों में काम करने के लिए सुरक्षित वातावरण आवश्यक है

चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के औषधि नियंत्रण संगठन ने जयपुर में एक कंपनी पर छापा मारकर आयुर्वेदिक दवाइयों में एलोपैथिक दवाइयां मिलाने का बड़ा मामला पकड़ा है निर्माता फर्म के विरूद्व ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत बगरू थाने में मामला दर्ज करवाया गया है

हमेशा की तरह इस बार भी इस दिवस पर योग का महत्व बताते हुए कई कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे नियमित योगाभ्यास से शारीरिक रुप से चुस्त दुरुस्त रहने के साथ ही मानसिक तौर से भी क्रियाशील और सेहतमंद रहा जा सकता है

हनुमानगढ़ में पॉक्सो अदालत ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर द्वष्कर्म करने के आरोपी को दस वर्षे के कठोर कारावास की सजा सुनाई है

चक्रवात वायु ने अपना रास्ता बदल लिया है और अब इसके गुजरात तट से टकराने की संभावना नहीं है चक्रवात वायु केवल ग्जरात तट के किनारे से गुजरेगा इसके मार्ग में हल्का बदलाव आया है लेकिन इसके प्रभाव से गुजरात तट पर तेज हवाए चलेंगी और भारी बारिश होगी मौसम विज्ञान विभाग के अतिरिक्त महानिदेशक देवेन्द्र प्रधान ने बताया कि चक्रवात समुद में रहेगा और गुजरात तट के किनार किनारे रहेगा इधर राजस्थान के मौसम में भी चक्रवात वायु के कारण बदलाव की संभावना है

इस बीच प्रदेश में कई जगह बारिश से तापमान में गिरावट हुई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है जालोर में इसके असर से तेज आंधी और बारिश से कई बिजली के पोल गिर गये और चालीस से अधिक गांवों में बिजली गुल हो गई जिले में जसवंतपुरा और रानीवाडा तहसील में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई है